उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में मोहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से इंकार किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के संबंध में सरकार का प्रयास और प्रतिबद्वता सबके सामने है लेकिन इस संकल्प को सभी को मिलकर पूरा करना होगा प्रधानमंत्री ने आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहतर ईको सिस्टम देना सरकार की प्राथमिकता है

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि छात्र हर हाल में परीक्षा चाहते हैं

श्री निशंक ने कहा कि देशभर से छात्रों और अभिभावकों से परीक्षा आयोजित किये जाने के पक्ष में ईमेल प्राप्त हुए हैं

परीक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस मामले को उचित निर्देश के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए

पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर इस मामले को प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े के पास भेज दिया ताकि पुराने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए वृहद् पीठ का गठन किया जा सके

वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि राज्यों को मुआवजा देने के दो विकल्पों पर चर्चा हुई है पहला विकल्प केंद्र उधार लेकर भुगतान करे जबकि दूसरा विकल्प राज्य खुद आरबीआई से उधार लें इन दोनों विकल्पों पर विचार के लिए राज्यों ने एक सप्ताह का समय मांगा है

मुंबई में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि बैंक स्थिति की निगरानी कर रहा है और इस बारे में एक आवश्यक योजना पर काम कर रहा है श्री दास ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर बना रहेगा

राजधानी जयपुर में झोटवाड़ा क्षेत्र में प्रशासन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद दुकाने शाम साढे सात बर्ज बंद करने का निर्णय किया गया है

सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना संकमण के मददेनजर जिले में आने वाले दिनों में सभी धार्मिक आयोजनों जुलूसों और शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वहीं बीकानेर की नोखा पंचायत समिति के अणखीसर गांव में पांच दिवसीय कोरोना जागरुकता अभियान आज से शुरु हआ पहले दिन ग्रामीणों ने कोरोना से बचने और लोगों को जागरुक करने की शपथ ली

मृत्यु दर तेजी से घटकर एक दशमलव आठ तीन प्रतिशत पर आ गई है

शीर्ष अदालत ने याचिका लगाने वाले लखनऊ के इस व्यक्ति से कहा कि वह इस बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाए प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा कि वह पूरे देश के लिए इस बारे में आदेश कैसे दे सकते हैं

औद्योगिक संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोशिएशन ऑफ इंडिया आईएएमएआई द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की बहुत अधिक संभावना होती है

उन्होंने कहा कि इसके विरोध में भाजपा द्वारा कल प्रदेशभर में सोशल मीडिया पर हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से जनहित की आवाज़ को पुरज़ोर तरीके से उठाया जाएगा डॉ पूनिया ने इस आंदोलन को लेकर आज भाजपा सांसदों विधायकों प्रदेश अधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से संवाद किया

समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र राजभवन जयपुर से जुड़ेंगे यह दीक्षांत समारोह राज्य का पहला वर्चुअल दीक्षांत समारोह होगा राज्य के पूर्वी जिलों में कल से एक बार फिर मानसून की बारिश का दौर शुरु होगा मौसम विभाग ने कहा है कि कल बारा सवाईमाधोपुर करौली जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है

श्री गहलोत ने लोगों का आह्ववान किया कि वे रामदेव पीर और वीर तेजाजी द्वारा दिखाए गए मानवता के रास्ते पर चलकर प्रदेश में भाईचारे की भावना मज़बूत करने में योगदान दें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज टोंक जिले में बीसलपुर परियोजना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर पुनर्वास के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक निरंजन सिंह को ढाई हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया ये राशि आरोपी ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के एवज में ली थी

इससे शहर की यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाया जा सकेगा